उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करते हुए क्षेत्र में पुरातन और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना है मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में उपस्थित उद्योग एवं व्यवसाय जगत के लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि देश की आर्थिक राजधानी में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व करना प्रसन्नता और सम्मान की बात है उन्होंने कहा कि देव भूमि को धार्मिक पर्यटन के साथ साथ औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए कई सार्थक कदम उठाए गए हैं श्री रावत ने बताया कि राज्य ने ईज ऑफ डुईग बिजनेस के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसमें लगने वाले समय को कम किया है

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इससे केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है इनमें से कुछ कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाये जाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे

उप प्रधान चुनाव ग्राम पंचायतों में उप प्रधानों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है

प्रदेशभर में सात हजार चार सौ पिच्चासी ग्राम पंचायते हैं जिनमें से तिरानवे ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनका अभी गठन नहीं हो पाया है ऐसे में प्रदेशभर की सात हजार तीन सौ बयान्वे ग्राम पंचायतों में ही उप प्रधानों के चुनाव होंगे हाईकोर्ट स्टोर क्रशर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्टोन क्रेशरों द्वारा मानकों को पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की इस दौरान अपर सचिव ओम प्रकाश न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में पेश हुए कोर्ट ने उनसे उधम सिंह नगर हरिद्वार और नैनीताल में ऐसी जगह का चयन करने को कहा है जहां स्टोन क्रशरों को स्थापित किया जा सके कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि बिना कोर्ट के आदेश के नए स्टोन क्रशरों के लाइसेन्स जारी न किये जाए

पुदुचेरी पुदुचेरी के विधानसभा की विभिन्न कमेटी के सदस्यों ने आज देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा भवन का भ्रमण किया इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पुद्चेरी विधानसभा की कमेटी के सभी सदस्यों का स्वागत किया

कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष से उत्तराखंड विधानसभा कि कार्य संचालन नियमावली और विधानसभा सत्रों की कार्यवाही के बारे में भी चर्चा की

श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं

श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम या माई गॉव पर भी संदेश भेज सकते हैं

ये सुझाव शनिवार तक भेजे जा सकते हैं पेंशन दरों में वृद्वि प्रदेश में वृद्धावस्था निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान और दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दरों में वृद्धि की गई है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की दरों में वृद्धि की घोषणा के पश्चात् इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई दरों में केन्द्रांश भी शामिल है सॉयल हेल्थ कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड योजना नैनीताल जिले के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है इस योजना के तहत मिट्टी की जांच करने से किसान को यह पता चल जाता है कि खेत में कितनी मात्रा में कौन से उर्वरक डालने हैं इससे किसानों की खेती में बदलाव आया है और पैदावार में बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों की आय भी बढ़ी है इस योजना का लाभ लेने वाले बैलपड़ाव के किसान बाला दत्त तिवारी काफी खुश हैं उन्होंने खुद तो लाभ लिया ही

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है आज बेटियां अपनी मेहनत से कई उच्च पदों और सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के दम पर बुलंदी हासिल कर रही हैं उन्होंने बालिकाओं से कहा कि वे े जीवन में जो भी मुकाम हासिल करना चाहती हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करें इससे पहले छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए जागरूकता रैली निकाली मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल से खासकर उत्तराशी चमोली रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है

मौसम विभाग ने झक्कड़ के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों में आश्रय लेने की सलाह दी है हिन्दी भाषा विश्व भाषा डेटा बेस द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि हिन्दी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है